राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान का हम सदा याद रखेंगे

इस अवसर पर बाद में संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई जिसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश राज्यसभा में सदन के नेता थावरचंद गहलोत राज्यसभा में विपक्ष के नेता ग्लाम नबी आजाद संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्ज्न राम मेघवाल और कई सांसदों ने शहीदों को प्ष्पांजलि अर्पित की

संवाददाताओं से बातचीत में पंजाब प्लिस के हेड कांस्टेबल ग्रुसेवक सिंह और कांस्टेबल समनदीप क्मार ने बताया कि उन्होंने अपनी साईकल यात्रा ग्यारह नवंबर को अहमदाबाद से श्रु की थी और करीब तीन हजार किलोमीटर की दूरी तय कर वे अपने मिशन पर ईटानगर पहुंचे है उन्होंने बताया कि करीब एक महीने के जन जागरुकता अभियान के दौरान आठ राज्यों में देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं पर्यावरण की रक्षा और नशे का सेवन न करने के लिए लोगों को जागरुक किया

राज्यपाल ने कहा है कि एक छोटी सी लापरवाहीं कई लोगों के जीवन को म्श्किल में डाल सकती है

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो सौ उनहत्तर रह गई है राज्य में अबतक सोलह हजार एक सौ पचासी कोविड रोगी स्वस्थ हो च्के है इससे राज्य में स्वस्थ होने की दर अट्ठानबे दशमलव शून्य तीन प्रतिशत हो गई है कल दर्ज किए गए नए मामलों में शी योमी जिले से चार ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तीन वेस्ट कामेंग ईस्ट कामेंग वेस्ट सियांग और चांगलांग जिले से एक एक मामले शामिल है

उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए स्धारों से देश में किसानों को लाभ मिलना श्रू हो गया है श्री तोमर ने कहा कि आईटी क्षेत्र के इस्तेमाल से सरकार किसानों के लिए उपयोगी जानकारी के प्रसार हेत् संचार के आध्निक साधनों का उपयोग कर रही है देश में किसानों के डेटा बैंक बनाए जाने के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि इसका उपयोग किसानों को म़दा स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने बाढ़ की भविष्यवाणी और कृषि क्षेत्रों के भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए किया जाएगा श्री तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभप्रद बनाने के साथ ही किसानों के लिए आय स्निश्चित करना है

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में क़षि के लिए ब्नियादी ढाँचा बनाने के वास्ते एक लाख करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा रहा है